वे कल पाली सहित देश के अन्य चार संसदीय क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिए बातचीत कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने के कारण कांग्रेस और वामदलों ने लोगों को निराश किया है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने आज आकाशवाणी के जरिये श्रोताओं से रूबरू होते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का कडाई से पालन किया जा रहा है

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के प्रचार प्रसार के लिये प्रदेश के विभिन्न भागों में मतदाता रथ चलाये जा रहे हैं

निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव संबंधी खर्च के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा उम्मीदवारों को उनके मौजूदा या पुराने बैंक खातों के माध्यम से चुनावी खर्च करने की अनुमति नहीं होगी उम्मीदवारों को यह प्रथक बैंक खाता नामांकन जमा करने से कम से कम एक दिन पहले खोलना होगा वहीं चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद तीस दिन के भीतर उम्मीदवारों को अपना निर्वाचन संबंधी सभी लेखे जोखे जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश करने होंगे

श्री अकबर ने अपने ऊपर लगाये जा रहे यौन प्रताड़ना के आरोपों के मद्देनजर कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था ट्वीटर हैंडल पर दर्ज अपने बयान में श्री अकबर ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अदालत से न्याय मांगने का फैसला किया है इसलिये वे अपना पद छोड़ना उचित मानते हैं

कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में ऊर्जा का उपयोग और कच्चें तेल का आयात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है श्री प्रधान ने कहा कि भारत बड़ी तेजी से विकास कर रहा है और देश को ऐसी ऊर्जा की आवश्यनकता है जो किफायती और पर्यावरण की दृष्टि से व्यावहारिक हो श्री प्रधान ने कहा कि उनका मंत्रालय ऊर्जा तक पहुंच ऊर्जा दक्षता ऊर्जा निरंतरता और ऊर्जा सुरक्षा की प्रधानमंत्री की धारणा के प्रति वचनबद्व है

जयपूर के शास्त्री नगर विद्याधर नगर बेनाड न्यू सांगानेर रोड और सिंधी कैंप के अलावा कुछ अन्य इलाकों से भी जीका के मामले सामने आने की खबर हैं दूसरी ओर जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्वाइनफ्लू डेंगू स्कबटाइफस के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं जयपूर के अतिरिक्त सभी जिलों में चिकित्सा विभाग ने मौसमी बीमारियों पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया है उधर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में बूखार डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज लगातार पहुंच रहे है

अस्पताल पहुंच रहे मरीजों में श्रीगंगानगर हनुमानगढ और चूरू के मरीज भी शामिल है

केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल मुंबई में इसकी घोषणा की

जयपुर नगर मण्डल के प्रवर अधीक्षक सतीश सोलंकी ने कल जयपुर में बताया कि इसमें सभी प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जायेगा उन्होंने बताया कि इसमें किसानों के लिये खाद बीज से लेकर आमजन के उपभोग की सभी वस्तुएं उपलब्ध होगी यह सुविधा लोगों को घर बैठे मिलेंगी जिसमें ग्रामीण डाक सेवक और डाकिया इलेक्ट्रोनिक डिवाइस के माध्यम से लोगों के सामान की बुकिंग करेंगा

घायलो को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया अरूणाचल प्रदेश ब्रांड की ये शराब चूरू जिले के सांडवा से जोधपुर ले जाई जा रही थी

पहले राउंड रोबिन मैच में वर्तमान चैम्पियन भारत का मुकाबला मेजबान ओमान से होगा

पुरूष एकल में सातवीं वरीयता पाप्त श्रीकांत का मुकाबला चीन के लिन डैन और समीर वर्मा का सामना इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगो

जिससे युवाओं को क्रिकेट के लिए बड़ा प्लेटफार्म मिलेगा इस अकादमी में अलवर और इसके आसपास के क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने का मौका मिल सकेगा